इसके अलावा मुख्यमंत्री पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है

मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस खरीफ मौसम में भी जारी रहेगी

योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमा कर दिया जाएगा मारकण्डा ने बताया कि यह योजना लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर सभी जिलों के लिए है कृषि मंत्री ने किसानों का आह्वान किया है कि फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए फसलों का बीमा करवायें

ऊना व शिमला में दो दो और कांगड़ा व सोलन में एक एक पॅजिटिव मामला शामिल है

हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है

किसान लाहौल वैश्विक महामारी कोरोना के इस मुश्किल दौर में लाहौल घाटी के किसानों को नगदी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं कोरोना वायरस के कारण इस बार घाटी के किसान नगदी फसलों के मार्केटिंग को लेकर खासे चिंतित थे

कोरोना महामारी के इस दौर में हरे मटर के बेहतर दाम मिलने से किसान संतुष्ट है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने कोरोना महामारी से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कोरोना संकट के बीच नियम तोड़े तो जाएंगे जेल होगा जुर्माना पंजाब केसरी ने पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर के हवाले से लिखा है कोरोना संकट के चलते नहीं होगा पंचायतों का गठन दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में कोरोना के छह नए संकमित जबकि आपका फैसला का कहना है शिमला व ऊना में दो दो और धर्मशाला सिरमौर व सोलन में एक एक व्यक्ति पॉजिटिव स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे टीचर सिलेबस कटेगा शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है एक दो दिन में गाइडलाइंस जारी करेगा शिक्षा विभाग

दैनिक सेवरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मंडियों में बागवानों को मिलेगी सेब की अच्छी कीमत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है पार्टी में धड़ेबंदी के लिए जगह नहीं इक्टठा होकर भाजपा के खिलाफ लड़ें जबकि आपका फैसला के शब्द हैं अनुशासनहीनता मंजूर नहीं गुटबाजी को भूल जाएं